व्यापम धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन कानून के तहत कल इन्दौर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा प्रदेश में अब तक बीस जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा तेरह जिलों में सामान्य और अठारह जिलों में कम वर्षा हुई है

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभित शाह इस यात्रा को रवाना करेंगे

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले श्री चौहान पचपन दिन की इस यात्रा के दौरान सभी दो सौ तीस विधानसभाओं में लगभग सात सौ सभाओं को सम्बोधित करेंगे यात्रा का दूसरा चरण अठारह जूलाई को मैहर से शुरू होगा मुख्यमंत्री का यात्रा रथ सभी आध्निक संसाधनों से युक्त है पार्टी सूत्रों के मुताबिक रथ में नाईट वीजन कैमरे के साथ जीपीए सिस्टम युक्त मल्टी सिम राउटर लगे हैं जिससे सभी कम्पनियों की हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी सप्ताह में चार दिन चलने वाली इस यात्रा के लिये दो रूट बनाये गये हैं एक रूट में विन्ध्य बुन्देलखण्ड और महाकौशल को और दूसरे में भोपाल नर्मदाप्रम ग्वालियर चम्बल और मालवा निमाड़ क्षेत्र को रखा गया है राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ज्ञान अकेले नहीं बढ़ सकता इसलिए जरूरी है कि प्रत्येकि उच्च शिक्षण संस्थान एक दूसरे के विकास में भागीदार बने

उन्होंने कहा कि ये संस्थान गरीबी दूर करके भारत को मध्यम आय वर्ग वाला देश बनने के लिए सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में प्रयासरत है श्री कोविंद ने कहा कि इन संस्थानों को विशेषज्ञता हासिल करने के साथ ही एक दूसरे से सीखना और सहयोग भी करना चाहिए राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कल भोपाल जिले के बैरसिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन का लोकार्पण करते हुए कहा है कि बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देना जरूरी है उन्होंने कहा कि बाजार की बाहरी वस्तुओं का सेवन साफ सफाई का ध्यान रखने के बाद ही किया जाना चाहिए जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है राज्यपाल ने कहा कि सरकार गॉवों और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है उन्होंने कहा कि शौचालय न होने से ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां होती है जिसके लिए सरकार ने खुले में शौच से मुक्ति का व्यापक अभियान चलाया और जिसमें सफलता भी मिली है मेनका गांधी केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए राज्य सरकारों से घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा है उन्होंने राज्यों से यह मी आग्रह किया कि वे इस कानून के अमल के लिए पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र प्रभार वाले संरक्षण अधिकारी नियुक्त करें जिनका विवरण सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी पीड़ित महिला को यह उपलब्ध हो महिला एवं बाल विकास मंत्री ने संरक्षण अधिकारियों के सुचारू कामकाज पीड़ितों को मदद मुहैया कराने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अलग से बजट आवंटित करने का अनुरोध किया प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश के व्यापम धोखाधड़ी मामले में कल कथित मुख्य साजिशकर्ता डॉ जगदीश सागर परीक्षा बोर्ड के दो अधिकारियों और अन्य लोगों के विरूद्व धन शोधन कानून के तहत आरोप पत्र दायर किया निदेशालय ने इंदौर में धनशोधन अधिनियम अदालत में दो हजार पांच सौ पांच पृष्ठों का आरोपपत्र पेश किया

भोपाल जिला अदालत में पारिवारिक विवाद के मामलों की सुनवाई के लिए तीन खंडपीठ बनाई गई है जिनमें तीन सौ से ज्यादा मामले रखे गये है बंडवानी में दो हजार से अधिक प्रकरण रखे जायेंगे जिनका निराकरण आपसी समझौतों के आधार पर करवाया जायेगा भिंड जिला मुख्यालय और न्यायिक तहसील मेहगॉव गोहद और लाहार में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारियां कर ली गई है इन्दौर जबलपुर और ग्वालियर सहित विभिन्न जिलों की अदालतों में प्रकरण आपसी सहमति से निपटाये जायेंगे चिटनीस महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मामलों के निदान में अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतना जरूरी है क्योंकि वे अपनी पीड़ा व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं उन्होंने कल गुमशुदा बच्चों के संबंध में प्रशिक्षकों के तीन दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र में कहा कि बच्चों के गुम होने संबंधी प्रकरणों को थाना स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता और महत्व दिया जाना चाहिए श्रीमती चिटनीस ने परिवार और समाज के ताने बाने में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया प्रशिक्षण में मध्यप्रदेश के अलावा बिहार उत्तरप्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया बंधक छूडाया राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में कल एक नाटकीय घटनाकम के बाद पूलिस ने समझाईश देकर युवक द्वारा एक फ्लेट के कमरे में बंधक बनाई गई युवती को मुक्त करा लिया युवती को बन्धक बनाने वाला युवक उत्तरप्रदेश के अलिगढ का निवासी है युवक ने कल सुबह युवती के घर आकर परिजन से मारपीट की और बन्दुक की नोक पर युवती को बन्धक बना लिया था दिन भर के समझाईश के बाद शाम को इस घटना का पटाक्षेप हो गया मौसम बारिश मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के पांच सम्भागों में तेज बारिश होने की सम्भावना जताई है विभाग के अनुसार भोपाल ग्वालियर रीवा जबलपुर और सागर सम्भाग के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है राज्य के बीस जिलों में अभी तक सामान्य से अधिक और तेरह जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई जबकि अठारह जिलों में कम वर्षा हई है सबसे अधिक चार सौ उन्नीस दशमलव आठ मिलीमीटर वर्षा सीहोर में और सबसे कम पिच्चासी दशमलव तीन मिलीमीटर वर्षा ग्वालियर में रिकार्ड की गई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान उज्जैन इन्दौर ग्वालियर सागर रीवा शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में बारिश दर्ज की गई भिंड में कल अच्छी बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली मौसम केन्द्र ने उन्नीस से पच्चीस जुलाई के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई निशानेबाजी राजधानी भोपाल के पास बिशनखेड़ी में स्थित राज्य निशानेबाजी अकादमी में कल से तीन दिवसीय आठवीं राज्य शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता शूरू हुई पहले दिन कल विभिन्न जिलों से आये निशानेबाजों ने ट्रेप डबल ट्रेप और सिकिट इवेंट का अभ्यास किया आज सुबह से शॉटगन के मुकाबले खेले जायेंगे प्रतियोगिता में अकादमी के छब्बीस खिलाड़ियों सहित प्रदेश के पचास से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं

इस स्पर्धा से प्री नेशनल के लिए निशानेबाज क्वालीफाई करेंगे

श्योपुर में इकतीस जुलाई को स्कूली विद्यार्थियों के लिए पर्यटन संबंधी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी राजगढ़ जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता वेन रवाना की गई है जो विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए लोगों को जानकारी देगी ग्वालियर में जिला कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व संबंधी सभी मामलों का निराकरण समयसीमा में करने और पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये हैं